मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा सरकार सभी प्रवासियों की सुरक्षित प्रदेश वापसी के लिए प्रतिबद्व

रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा रेल विभाग देश में प्रतिदिन तीन सौ श्रमिक विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे श्री मोदी कोरोना महामारी से निपटने में देश के प्रयासों की समीक्षा करेंगे बैठक के दौरान आर्थिक गतिविधियों को बढाने के संबंध में और छूट दिए जाने के बारे में भी विचार विमर्श किया जा सकता है गृहमंत्री अमित शाह वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सहित कई वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में शामिल होंगे मार्च में देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा के बाद से मुख्यमंत्रियों के साथ होने वाली प्रधानमंत्री श्री मोदी की यह पांचवीं मुलाकात होगी हमारे संवाददाता ने बताया कि लॉकडाउन के तीसरे चरण की समाप्ति के एक सप्ताह पूर्व हो रही यह बैठक आगे की रणनीति तय करने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण बताई जा रही है पिछले महीने आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा था कि देश एक युद्ध के बीच में है और उन्होंने लोगों को अत्यधिक सावधानी बरतने की सलाह दी थी इसी के साथ सरकार ने आर्थिक गतिविधियों को पुनर्जीवित करने के लिए कई रियायतों की घोषणा भी की थी आर्थिक गतिविधियों को और अधिक बढ़ावा देने और प्रवासी श्रमिकों से जुड़े मुद्दों पर कई महत्वपूर्ण चर्चाएं इस बैठक के एजेंडे में शीर्ष पर हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न राज्यों से प्रदेश लौटने वाले प्रवासी श्रमिकों से अपील की है कि वे पैदल ट्रक बाइक अथवा अन्य साधनों से यात्रा न करें राज्य सरकार उनकी सम्मानजनक सुरक्षित और शीघ्र वापसी के प्रबन्ध कर रही है प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में एक सड़क दूर्घटना में हई प्रदेश के प्रवासी श्रमिकों की मृत्यू पर गहरा शोक व्यक्त किया है उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है इस बीच मुख्यमंत्री ने कल अपने सरकारी आवास पर आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में लॉकडाउन व्यवस्था की समीक्षा की

अब तक राज्य में एक हजार पांच सौ चार रोगी स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं इस बीच बदायूं जिले में कल तीन मरीजों की जांच रिपोर्ट निगेटिव आने के साथ जिला कोरोना मृक्त हो गया है तीनों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है जिलाधिकारी कुमार प्रशांत ने लोगों से कुछ दिन और घरों में रहने और आपस में दो गज की सुरक्षित दूरी का पालन करने की अपील की है सीतापुर जिला भी कोरोना मुक्त हो गया है मुख्य चिकित्साधिकारी ने बताया कि जनपद में जिले के बीस रोगी और हरदोई जिले के दो रोगी भर्ती हुए थे

कानपुर के काशीराम ट्रामा सेंटर से कल पांच व्यक्तियों को कोरोना संक्रमण से ठीक होने पर छुट्टी दे दी गयी इनमें दो पुलिसकर्मी भी शामिल हैं जो ड्यूटी के दौरान संक्रमित हुए थे जनपद के सरसौल के सरकारी अस्पताल से भी दो व्यक्तियों को स्वस्थ हो जाने पर कल छुट्टी दी गई स्वास्थ्यकर्मियों ने तालियों की गड़गड़ाहट के बीच उन्हें विदा किया कन्नौज जिले में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की संख्या दो से घटकर एक रह गयी है

रेल मंत्री पीयूष गोयल ने समी राज्यों से प्रवासी मजदूरों को निकालने की अनुमति देने की अपील की है जिससे कि वे अगले तीन चार दिन में अपने घरों को वापस जा सकें श्री गोयल ने एक ट्वीट में कहा कि प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप के बाद देश में प्रतिदिन रेल विभाग तीन सौ श्रमिक विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा रेल विमाग ने देशभर में फंसे तीन लाख पचास हजार से अधिक प्रवासी मजदूरों के आवागमन के लिए साढ़े तीन सौ से अधिक विशेष रेलगाड़ियों का परिचालन किया है ये रेलगाड़ियां उत्तर प्रदेश आंध्र प्रदेश बिहार हिमाचल प्रदेश झारखंड मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में प्रवासी मजदूरों को वापस ला रही हैं प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान विभिन्न स्थानों पर ध्रल भरी आंधी और गरज चमक के साथ हल्की से तेज वर्षा दर्ज की गई बागपत बदायूँ मुजफ्फरनगर पीलीभीत बरेली हापुड़ रामपुर कानपुर कौशाम्बी फतेहपुर वाराणसी बस्ती गोरखपुर औरैया और आसपास के क्षेत्रों में आँधी और बारिश से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है धूल भरी आंधी के कारण आम की फसल को अत्यधिक नुकसान पहुंचा है चित्रकूट में कल शाम ओलावृष्टि के साथ तेज बारिश के समाचार हैं मिर्जापुर में भी आँधी से भारी नुकसान हुआ है जिले के अधिकांश स्थानों पर बिजली व्यवस्था ठप पड़ गई सुल्तानपुर जिले में भी तेज आधी के कारण पेड़ गिरने से सड़को पर यातायात प्रभावित हआ कानप्र बदायूँ संभल मैनप्री तथा पीलीमीत में आंघी और बारिश से जुड़ी अलग अलग घटनाओं में पांच लोगों की मृत्यु हो गई और दस अन्य घायल हो गए आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विशेषज्ञों की सलाह श्रृंखला में आपको कोविड नाइन्टीन के बारे में वरिष्ठ चिकित्सकों की राय से अवगत कराता है लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल दिल्ली के डॉक्टर नरेश गुप्ता ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्प्रनिटी बढ़ने से कोविड नाइन्टीन से बचाव में मदद मिलती है ज्यादातर मरीजों को निक्किय करने की जो इम्यून पॉवर है बॉबी के अंदर मौजूद है वो कई तरह की इम्यूनिटी होती है एक तरह की इम्यूनिटी नहीं है

खाना आपको बैलंस खाना चाहिए जिससे कि अपकी इम्यूनिटी बढ़े और वर्षिश व्यायाम योगा कसरत जो भी आप करना चाहें वो बराबर करना चाहिए जिससे कि आपकी इम्यूनिटी बढ़े अगर आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी तो कोरोना वायरस भी थोड़ा डर कर रहेगा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष उपेन्द्र दत्त शुक्ल का कल दोपहर निधन हो गया पूर्वाचल में वरिष्ठ भाजपा नेताओं में गिने जाने वाले उपेन्द्र दत्त शुक्ल ने दो हजार अठठारह में हुए गोरखपुर संसदीय सीट का उपचुनाव भी लड़ा था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके असामयिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है और अब कुछ संक्षिप्त समाचार क्शीनगर जनपद में जिलाधिकारी भूपेन्द्र एस चौधरी ने हॉटस्पॉट क्षेत्रों को छोड़कर सत्रह मई तक शर्तो के साथ द्कानें खोलने का आदेश जारी किया है द्कानें सुबह नौ बजे से शाम छह बजे तक खोली जा सकेंगी चित्रकूट में कोरोना के तीन मामले मिलने के बाद प्रशासन अतिरिक्त सतर्कता बरत रहा है बस अड्डा पुलिस थानों और सार्वजनिक जगहों पर विषाणुनाशक रसायन का छिड़काव किया जा रहा है पीलीभीत जिले से अब तक चार सौ पैंतीस प्रवासी मजदूरों को उन्नीस बसों के माध्यम से उनके गृह स्थल तक पहुँचाया गया है जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने बताया कि जिले में अन्य स्थलों से एक सौ तिरसठ बसों से आये चार हजार प्रवासी मजदूरों को स्वास्थ्य परीक्षण कर क्वारंटीन किया गया है